मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समाज की तरक्की के लिये शिक्षा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण

राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र अट्ठारह दिसम्बर से

अर्जेन्टीना के न्याय मंत्री जर्मन ग्रावानो राजदूत मारिया इसाबेल रेन्डन तथा एशिया और ओशनिया आर्थिक संबंधों के निदेशालय के प्रमुख ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया आज से शुरू हो रहे शिखर सम्मेलन में कृषि में निष्पक्ष और सतत विकास पर आम सहमति बनाने पर जोर दिया जायेगा मेजबान देश अर्जेन्टीना ने यह विषय चुना है अर्जेन्टीना में भारत के राजदूत संजीव राजन ने आकाशवाणी को बताया कि सम्पोषणीय कृषि विकासशील देशों की हालिया चिन्ता का विषय है और यही जी ट्न्वटी शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रहेगा उन्होंने कहा कि मिट्टी के क्षरण से विश्वमर में प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि प्रमावित होती है श्री राजन ने कहा कि अर्जेन्टीना उत्पादकता में वृद्वि के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी ट्वन्टी के मंच से तेल की कीमत में उतार चढ़ाव और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके सीधे प्रभाव से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे

उन्होंने कहा कि मात्र विद्यालयों का निर्माण करने से शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं आयेगा विकास के लिये विद्यालयों में उच्च गृणवत्ता की शिक्षा देने की आवश्यकता है श्री योगी कल बहराइच जनपद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें है लोगों को इन योजनाओं का लाम उठाना चाहिये मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर गन्ना किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि धान और मक्का की उपज बेचने में आने वाली समस्याओं का जिलाधिकारी अपने स्तर से समाधान कराये केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की नई श्रृंखला का आधार अधिक व्यापक है यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शाती है श्री जेटली ने कहा कि यह जीडीपी के आकलन की किसी भी वैश्विक पद्वति से कम नहीं है

ये जो नया सीरीज बनाया था ये जो चीजें इसके अंदर शामिल की गई उसका विस्तार किया गया और जो विश्व में सबसे अच्छे मापदंड हैं उसके मुताबिक इसको किया गया और तब से लेकर आज तक न्यू जीडीपी सीरीज लागू हो रहा है श्री अरूण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और वित्त मंत्रालय से अपनी दूरी बनाए रखता है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार पन्द्रह में सीएसओ ने जीडीपी की गणना के तरीकों में बदलाव किया था उन्होंने यहा भी कहा कि वर्ष दो हजार बारह तेरह से जीडीपी वृद्वि दर के अनुमान को बदलकर वर्ष दो हजार ग्यारह बारह को आधार वर्ष बनाया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर पॉस्को अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें कहा गया है कि बाल यौन शोषण की घटना की रिपोर्ट घटना के सात साल के बाद भी की जा सकती है आकाशवाणी को कल दिए विशेष साक्षात्कार में महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उच्चतम न्याययालय ने पच्चीस वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है यह फैसला देश भर में दो हजार उन्नीस में होने वाली एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्घारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्मर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा आज से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र अट्ठारह दिसम्बर से शुरू होगा राज्यपाल राम नाईक ने विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के तृतीय सत्र की बैठक उस दिन ग्यारह बजे बलाने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौहत्तर के खंड एक के प्राविधान के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल के सदनों या प्रत्येक सदन के अधिवेशन की बैठक को बुलाने की शक्ति प्रदान की गई है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दो हजार चौदह में हुए लोकसभा चुनाव तथा दो हजार सत्रह में उत्तर प्रदेश में हए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़कर भारी बहमत से जीत हासिल की थी आगामी दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मौर्य ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिये एक बेहतर स्थान बना है तथा प्रदेश में विमिन्न क्षेत्रों में निवेश आ रहे हैं जिससे प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार का भी सुजन हो रहा है उधर कल बरेली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा है कि राज्य में सड़कों का तेजी से विस्तार किया गया है उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद एक हजार तीन सौ गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया गया है इससे पहले इन गांवों का सड़क से कोई लिंक नहीं था इस अवसर पर उन्होंने चार सौ चालीस करोड़ रूपये की एक सौ सत्रह योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया श्री मौर्य ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों मजद्र और महिलाओं के लिये काम कर रही है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ताजमहल पर तैयार किये जा रहे दृष्टि पत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति बीलोक्र की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली के योजना और वास्तुकला विद्यालय द्वारा तैयार किये जा रहे दृष्टि पत्र को सार्वजनिक करने की बात कही और कहा कि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है विद्यालय की ओर से न्यायालय को बताया कि आगरा शहर में ताजमहल सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में हैं यह दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपा जायेगा प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को खेती के नये तरीके के बारे में प्रशिक्षित करने एवं किसान हित कार्य योजनाओं के सही क्रियान्वयन से राज्य में खाद्यान्न उत्पादन लगभग अट्ठारह लाख मीट्रिक टन बढ़ा है श्री शाही ने कल मथ्रा में बताया कि मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से किसानों को दो चरणों में खेती के बारे में प्रशिक्षित करने से करीब दस लाख मीट्रिक टन खरीफ सात लाख मीट्रिक टन गेहूँ तथा एक लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन बढ़ा है उन्होंने बताया कि सुखा अउर बाढ़ के बावजूद रोपाई क्षेत्रफल कम नही हुआ है कृषि मंत्री ने कहा कि बन्देलखण्ड में खरीफ के फसल के बीजों पर अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया गया जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं उन्होंने कहा कि मण्डी कानून में किये गये बदलावों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उन्होंने बताया कि ई मार्केटिंग के जरिये करीब साढ़े चार हजार करोड़ का व्यापार हआ